स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब सुनिए समाचार मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की

उन्होंने कहा कि केन्द्र का निश्ल्क टीकाकरण कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और स्रक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए उन्होंने आशा प्रकट की कि लोग शीघ्र ही इस संकट से बाहर निकल जाएंगे श्री मोदी ने कहा कि इस बार गांव में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अनेक य्वा शहरों में भी आगे आए हैं और अपने क्षेत्र में कोविड मरीजों की बढती संख्या को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है और रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है

आकाशवाणी से बातचीत में बिरदीचंद गोठी ने बताया कि उन्होंने घर पर रहकर ही इलाज कराया इस दौरान वे खुश रहे और खान पान पर ध्यान दिया जिससे उन्हें जल्द स्वस्थ होने में मदद मिली

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम सिखाता है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जब देश मिलकर कोरोना संकट से लड़ रहा है ऐसे समय में उनकी भगवान महावीर से प्रार्थना है कि वे सबको स्वस्थ रखें और महामारी से निपटने के हमारे प्रयासों को सफल करें इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए महावीर जयंती मनाई जा रही है

वे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार